मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उधर उदयपूर में भी कोविड से बचाव के टीके की पहली खेप पहंच गयी है ये टीका बड़ी गांव के संग्रहण केन्द्र में रखा गया है

वहीं ब्रंदी में सात टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा इधर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हआ है बांसवाड़ा जिले में आठ स्थानों झालावाड़ और करौली जिले में छह और सवाई माधोपुर में सात स्थानों पर ड्राय रन किया गया

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहे और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें

मंत्रालय ने कहा है कि ये टीके कठिन वैज्ञानिक परीक्षण और नियामक मानदण्डों से गुजरने के बाद ही उपलबध कराये गये हैं

बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध कराया जायेगा

देश में अब तक इस संक्रमण की चपेट में आये लोगों की कुल संख्या लगभग एक करोड़ पांच लाख हो गई है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

योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह योजना किसानों को फसल कटाई के बाद भी फसल बीमा कवर देकर उनकी आय सुनिश्चित करती है

कई नगर निकायों में अभी तक एक भी नामांकन नहीं भरा गया है

ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि उपखंड अधिकारी दौसा को पांच लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया

कैप्टन अंकित के शव को कल छठे दिन तख्तसागर से निकाला जा सका था

जहां उनके साथी जवानों और अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी एक अन्य घटना में जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के जवान रमेश ड्रडी मुंबई में भारतीय नौसेना के एक युद्धाभ्यास के दौरान गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए उनका आज दोपहर झालामरिया गांव में पूरे सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया वीर जवान को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े

जयपुर में राजापार्क सहित कई अन्य स्थानों पर लोग लोहड़ी मनाने के लिये इकट़टा हो रहे हैं झालावाड़ में भी लोहड़ी की तैयारियों हो रही है राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोहड़ी पर्व पर प्रदेशवांसियों को शुभकामनाएं दी है

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई न्कसान ना हो

मौसम विभाग के अनुसार आज भी माउंट आबू और सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिन्दू से एक डिग्री सैल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया

चूरू सीकर झुंझुनूं और अलवर जिले में अति शीतलहर की संभावना व्यक्त की गई है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया हैं कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और यह खबर पूरी तरह निराधार है